बैठक में निजी अस्पतालों में इलाज की स्थिति सुविधाएं और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना तथा कोरोना इलाज में उनकी भूमिका को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के संबंध में चर्चा की जाएगी

राज्य सरकार ने कोरोना संकमण की रोकथाम में लगे कर्मचारियों और हैल्थ केयर वर्कर्स के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान किया है एजेंसी के अनुसार वित्त विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है

चिकित्सा उपचार अवधि के लिए संबंधित चिकित्सा प्रभारी अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नियंत्रण अधिकारी विशेष अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के साथ कल निजी स्कूल संचालकों के संगठन की वार्ता हुई

वार्ता में तय किया गया कि स्कूल चाहे किसी भी माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वे फीस लेने के अधिकारी होंगे प्रदेश में इस साल सभी कक्षाओं की परीक्षा होगी शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि बिना परीक्षा पहली से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में कमोन्नत नहीं किया जाएगा

इन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी और चालू सत्र में बिना परीक्षा कमोन्नत नहीं हो सकेंगे

प्रदेश में कल कोरोना संकमण के रिकॉर्ड ढाई हजार से ज्यादा मामले सामने आए

हनुमानगढ़ जिले में पुलिस की ओर से मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू हो गया है इसके तहत नर्श की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के उपभोग से होने वाले दुष्पभावों के बारे में जनजागृति लाकर नशे की लत वाले लोगों को चिन्हित कर समाज की मुख्यधारा में लाना है

प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहने से सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम दो डिग्री सैल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया